बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पंद्रह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बातचीत

अब तक तीन हजार नौ सौ पचहत्तर संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हुए राज्य के सभी जिलों में आज से कोरोना वायरस की जांच होगी

और मॉनसून प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हुआ सक्रिय

सबसे अधिक किशनगंज के बहादुरगंज में चालीस मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी देश में कोरोना वायरस के बढते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल और परसों राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत करेंगे इसी कड़ी में प्रधानमंत्री सत्रह जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पंद्रह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत करेंगे श्री मोदी दो समूहों में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दोनों दिन शाम तीन बजे बैठक करेंगे इस दौरान कोरोना संक्रमण की माजूदा स्थिति के अलावा राज्यों की जरूरतों समेत सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों की वापसी और उनके लिये किये गये इंतेजाम पर भी चर्चा होगी बिहार में संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर बासठ दशमलव पांच प्रतिशत हो गयी है अब तक तीन हजार नौ सौ पचहत्तर संक्रमित कोरोना स्वस्थ हो चूके हैं इधर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर छह हजार चार सौ पचहत्तर हो गयी है इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के एक सौ छियासी नये मामलों की प्रष्टि हुयी पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो सौ नवासी लोग स्वस्थ हुए हैं इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर छत्तीस हो गई राज्य में अभी तक एक लाख तेईस हजार छह सौ उनतीस नमूनों की जांच की गयी है स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में जांच के मात्र पांच फीसदी हीं कोरोना संक्रमित पाये गये हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में सबसे अधिक सीतामढ़ी में चौबीस नये मामले मिले हैं इसके आलवा समस्तीपुर और शिवहर में सोलह सोलह कटिहार में चौदह सारण में तेरह सिवान और गोपालगंज में बारह बारह मुजफ्फरपुर में ग्यारह वैशाली में दस नवादा औरंगाबाद और पश्चिम चंपारण में सात सात पटना में छह भागलपुर में पांच नालंदा बांका और बक्सर में चार चार शेखपुरा तथा पूर्वी चंपारण में तीन तीन मुंगेर में दो और भोजपुर मधुबनी गया लखीसराय मधेपुरा तथा सहरसा में एक एक नये मरीज मिले हैं राज्य के सभी जिलों में आज से कोरोना संक्रमण की जांच शुरू होगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा कि जांच के लिये अस्पतालों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा दिये गये हैं इसके लिये आरटीपीसीआर मशीनों के साथ ही सीवी नेट और ट्रू नेट मशीनें उपयोग में लायी जा रही है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगले पांच से सात दिनों में प्रतिदिन कम से कम दस हजार नमूनों की जांच होगी कोविड उन्नीस महामारी से निपटने में विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह अत्यंत उपयोगी है

मंत्रालय ने कहा है कि जारी किए गए दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फिलहाल इसके इस्तेमाल के लिए ज्यादा परिणाम उपलब्ध नहीं हैं मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण मीडिया में आई इन खबरों के बाद आया है कि रेमडेसीविर का इस्तेमाल कोविड उन्नीस की चिकित्सा के लिए किया जा सकता है और यह देश में उपलब्ध है मंत्रालय ने कहा है कि यह दवा अमरीका खाद्य और दवा प्रशासन से अनुमोदित नहीं है और वहां भी इसका इस्तेमाल आपात स्थिति में ही किया जाता है आज विभिन्न राज्यों से नौ श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से चौदह हजार आठ सौ प्रवासी बिहार आयेंगे अब तक एक हजार पांच सौ दस श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से इक्कीस लाख उन्नीस हजार तीन सौ तिरपन लोग बिहार पहुंच चुके हैं इधर उत्तर प्रदेश के फफूंद से सात सौ पचास प्रवासी श्रमिक स्पेशल ट्रेन से नवादा पहुंचे हैं इन सभी को बस के जरिये होम क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है प्रदेश में जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से अब तक पंद्रह लाख अठहत्तर हजार नये राशन कार्ड बना लिये गये हैं सूचना जन संपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कोरोना संकट के इस दौर में अनुमंडल स्तर पर विशेष अभियान चलाकर नये राशन कार्ड बनाये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि एक करोड़ बाईस लाख राशन कार्डधारियों के बैंक खाते में अब तक एक एक हजार रूपये दिये गये हैं इसके अलावा जीविका की ओर से चयनित राशन कार्ड से वंचित इक्कीस लाख परिवारों को आर्थिक मदद दी गयी है वहीं बिहार के बाहर फंसे लगभग इक्कीस लाख लोगों के खाते में प्रतिव्यक्ति एक हजार रूपये दिये गये हैं इसके अलावा सोलह लाख से अधिक किसानों के बीच फसल क्षति मुआवजे के रूप में पांच सौ एक करोड़ रूपये दिये गये हैं इधर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले प्रवासी कामगारों के लिए विभिन्न जिलों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर आज से बंद हो रहे हैं राज्य सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर खोले गये थे जिनमें पंद्रह लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को रखा गया स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि क्वारंटाइन सेंटर बंद हो जाने के बाद जो प्रवासी बिहार आयेंगे उन्हें होम क्वारंटाइन में ही रखा जायेगा केंद्र सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रहा सख्त लॉकडाउन लगाने का दावा करने वाला संदेश असत्य है एक ऐसा ही संदेश फेसबुक पर चल रहा है जिसमें दावा किया गया है कि अठारह जून से सख्त लॉकडाउन लागू होगा प्रेस सूचना कार्यालय पीआईबी ने ट्वीट में कहा है कि ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं चल रहा है पीआईबी ने लोगों से अफवाहों से बचने का आग्रह किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की अट्ठाईस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के तहत लोगों से अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लोगों से अपने विचार भेजने का आग्रह किया है श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम एक ऐसा जीवंत माध्यम है जो एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की शक्ति को दर्शाता है कार्यक्रम के लिये लोग अपने विचार फोन नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर रिकॉर्ड करा सकते हैं इसके अलावा लिखित रूप में नमो एप पर भी विचारों को भेज सकते हैं मॉनसून प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय हो गया है पटना सहित कई जिलों में बारिश हो रही है राज्य के पूर्वी हिस्सें में मॉनसून के कारण अच्छी बारिश हयी है सबसे अधिक किशनगंज के बहाद्रगंज में चालीस मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले चार दिनों तक सामान्य से अच्छी बारिश होने की संभावना है विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान भागलपूर अररिया और किशनगंज में गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है पटना और गया में मॉनसून के पहुंचने के साथ हीं देर रात से हीं लगातार बारिश हो रही है पटना में अगले दो दिनों तक बारिश की संभावना है बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है इधर पटना को जलजमाव से बचाने को लेकर नगर विकास और आवास सचिव आनंद किशोर ने पटना जिला प्रशासन को दो दिनों में पटना नगर निगम के साथ दानापुर फुलवारी और खगौल नगर परिषदों के नालों की उड़ाही की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है इस निर्देश के बाद जिलाधिकारी कुमार रवि ने सात अलग अलग विशेष टीमों का गठन कर जांच का आदेश निर्गत कर दिया है राज्य में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये चौवन हजार परिसरों को विकसित किया जायेगा कृषि मंत्री प्रेम क्मार ने बताया कि पहले चरण में बाईस जगहों पर बाजार समिति निर्माण की स्वीकृति दी गयी है गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की ओर से एक राष्ट्र एक बाजार की व्यवस्था की घोषण की गयी थी इसी के तहत इस कार्य को शुरू किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल राज्य में चार सौ करोड़ रूपये की लागत से बनी विभिन्न सड़कों और पुलों का उद्घाटन करेंगे श्री कुमार गंडक नदी पर बने सत्तरघाट पुल और लखीसराय बाईपास रोड का भी उद्घाटन करेंगे साथ ही एक सौ बाईस करोड़ रूपये से बनने वाली परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री एक सौ बाईस करोड़ रूपये की लागत से प्रस्तावित सासाराम उत्तरी बाईपास योजना का भी शिलान्यास करेंगे

केन्द्र सरकार के अनुसार देश भर में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या पचास प्रतिशत से अधिक हो गई है और अब तक लगभग एक लाख सत्तर हजार रोगी ठीक हुए हैं

पटना के पीएमसीएच में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर की शुरूआत की गयी है इस सेंटर में विशेष रूप से थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिये ब्लड रखा जायेगा पीड़ित बच्चों की खून की जांच की भी पूरी व्यवस्था इस डे केयर सेंटर में हीं की गयी हैं पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर बीपी चौधरी ने बताया कि शिशु रोग विभाग के अंतर्गत इसका संचालन होगा परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत भोजपुर जिले को एक करोड़ दस लाख रूपये आवंटित किया है अररिया नगर थाना अंतर्गत गौरीचक के समीप पुलिस ने एक ऑटोरिक्शा से एक सौ इक्यासी लीटर विदेशी शराब के साथ चार तस्कर को गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर के मनियारी पंचायत के सिलौथ बैद्यनाथ गांव में एईएस बीमारी से एक बच्चे की मौत हो गयी प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम के अंतर्गत गया के मानपुर स्थित पटवा टोली में प्रवासी कुशल मजदूरों के लिये नियोजन मेला का आयोजन किया गया इसके तहत विभिन्न प्रदेशों से वापस आये एक सौ से अधिक प्रवासियों को काम मुहैया कराया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है पटना के अभिनेता सुशांत ने डिप्रेशन में जान दी बारह फिल्मों से सुशांत सिंह राजपूत ने पहचान बनायी इस खबर को अपनी प्रमुख लीड बनाते हुये दैनिक भास्कर लिखता है बॉलीवुड ने स्टार खोया पटना का तो गुलशन ही उजड़ गया मुम्बई में होगा आज अंतिम संस्कार दैनिक जागरण ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है देश के सम्मान से कोई समझौता नहीं चीन से तनाव पर रक्षामंत्री ने कहा बातचीत से मसले को सुलाझाना चाहते हैं दोनों देश प्रभात खबर की सुर्खी है सड़क पर पालतू मवेशी मिले तो मालिक पर पांच हजार जुर्माना आज अखबार का शीर्षक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने दिये संकेत तय समय पर होंगे बिहार में चुनाव

ब्रधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पंद्रह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बातचीत

अब तक तीन हजार नौ सौ पचहत्तर संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हुए राज्य के सभी जिलों में आज से कोरोना वायरस की जांच होगी

और मॉनसून प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हुआ सक्रिय

सबसे अधिक किशनगंज के बहादुरगंज में चालीस मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी